आम लोग भी होंगे शामिल

नयी व्यवस्था के तहत शौर्य स्मारक से पुलिस बैण्ड राष्ट्रीय भावना जाग्रत करने वाले गीतों की ध्रन बजाते हए वल्लभ भवन पहँचेगा आम जनता भी पुलिस बैण्ड के साथ चल सकेगी वल्लभ भवन पहँचने पर राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम गाया जायेगा वल्लभ भवन प्रांगण में राज्य शासन के अधिकारी कर्मचारी भी वंदे मातरम् कार्यक्रम में शामिल होंगे नये स्वरूप में वन्दे मातरम गायन का यह कार्यक्रम हर महीने के पहले कार्य दिवस पर ही होगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रि परिषद के सदस्य क्रम से शामिल होंगे नई व्यवस्था के तहत संभाग और जिला मुख्यालय पर भी वंदेमातरम का गान समारोहपूर्वक आयोजित किया जायेगा गौरतलब है कि पहले वन्दे मातरम का कार्यक्रम राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हर महीने के पहलेकार्य दिवस को सिर्फ शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की सहभागिता से ही किया जाता था वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं और आमलोगों को बधाई देते हुए सरकार के फैसले को राष्ट्रवाद की जीत बताया है

मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले खरगोन में अपने विधानसभा क्षेत्र कसरावद पहुंचे सचिन यादव ने मीडिया से चर्चा मे कहाँ की मंदसौर में किसान तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे किसानो पर दर्ज मुकदमो की कमलनाथ सरकार समीक्षा करेगी उन्होंने कहा कि जल्द ही वो इस मुददे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ और गृहमंत्री बाला बच्चन से चर्चा करेंगे इस दौरान उन्होंने वर्षो से निमाड़ अंचल में कृषि महाविद्यालय खोलने की माँग को पूरा करने के लिये हर सम्भव प्रयास करने का भरोसा दिलाया जयवर्धन सिंह नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने भोपाल के गेमन इण्डिया प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देने और नगर पंचायत स्तर पर आवासीय योजना बनाने को कहा है उन्होंने मास्टर प्लान के तहत बनने वाली सड़कों को विकास हस्तांतरण अधिकार नीति के तहत बनाने के निर्देश दिये हैं श्री सिंह ने कहा कि आम लोगों का घर का सपना पूरा करने का अहम दायित्व मण्डल पर है इसलिये निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें इसमें कोई कोताही न करें श्री सिंह कल मंत्रालय में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल और राजधानी परियोजना प्रशासन के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि गेमन प्रोजेक्ट में हो रही देरी के संबंध में उन्हें पूरी वस्तु स्थिति से अवगत करवायें श्री सिंह ने शहरों के साथ ही कस्बाई क्षेत्रों में भी आवासीय योजनाएँ बनाने को कहा ताकि मण्डल की आय बढ़ सके उद्यमिता पुरस्कार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है ये पुरस्कार पहली पीढ़ी के उन उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने उद्यमिता प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी और पांच से दस लाख रुपए तक की नकद राशि दी जाएगी

उन्होंने बैठक में विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के नियम सरल करने के निर्देश दिये

बुजेन्द्र सिंह वाणिज्यिक कर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर ने कहा है कि गरीब और आम लोगों के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने जिला अधिकारियों से तत्परता से जिले में ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिये

श्री राठौर ने कहा कि ओरछा में रामराजा मंदिर में दर्शन के लिये आने वाले श्रद्दालुओं के लिये एक करोड़ रुपये से सर्व सुविधायुक्त यात्री भवन का निर्माण किया जायेगा साथ ही ओरछा में साकेत रामायण संग्रहालय के भव्य निर्माण के साथ पर्यटन नगरी में होने वाले ओरछा महोत्सव और महाकवि केशव जयंती समारोह को और अधिक भव्यता दी जायेगी उन्होंने कहा कि ओरछा पृथ्वीपुर और निवाड़ी क्षेत्रों का समान रूप से विकास किया जायेगा

तात्या टोपे नगर स्टेडियम में आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी करेंगे

जबकि जिमखाना ग्राउण्ड पर बालक वर्ग क्रिकेट एवं एसएन कॉलेज के खेल मैदान पर बालिका वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिताएं सम्पन्न होगी प्रतियोगिता में आने वाले खिलाड़ियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई है

झाँसी होकर आई यह यात्रा शाम को डबरा पहुँची

इनमें तीन ट्रक और तीन डंपर शामिल हैं

मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है

आम लोग भी होंगे शामिल